ये बात कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में संकल्प जन विकास समिति ट्रस्ट चंडीगढ़ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचली विद्यार्थियों को प्रदेश व अन्य राज्यों में मेधा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वजीफा व प्रशिक्षण प्रदान करने का फैसला लिया है

अनुराग ठाकर सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए शिक्षा स्वास्थ्य और सड़क की चरणबद्ध तरीके से सुविधाएं देने के लिए योजना तैयार की गई हैं वे कल समीरपुर में दो करोड़ रूपये की लागत से निर्मित संयुक्त कार्यालय भवन के लोकार्पण के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र देश में सबसे आगे होगा जीएसटी वस्तु और सेवा कर लागू होने से कर आधारित अर्थव्यवस्था बनी है वित्तमंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि जीएसटी कर प्रणाली के तहत केन्द्र और राज्यों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह संबंधी डाटा और प्रभावी ढंग से उपलब्ध हो सकेगा वित्तमंत्रालय ने कहा है कि जीएसटी कर प्रणाली को आसान बनाने के लिए बदलाव किया गया है और करदाताओं की सुविधा के लिए इसमें और सुधार किए जा रहे हैं स्नेही सनराईज सोशल हैल्थ एंड एन्वायरनमेंटल एसोसिएशन ने कुल्लू ज़िले के बंजार उपमंडल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए सड़कों और सुरंगों के निर्माण को ज़रूरी बताया है एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष मोहन स्नेही ने शिमला से जारी एक बयान में कहा है कि उपमंडल की जलोड़ी जोत लारजी सड़क के संकरा होने और घयागी से कंड्गाड़ व बठाड़ से बागासराहन के बीच सुरंग निर्माण न होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है स्नेही ने सरकार से इसके निर्माण के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान करने की मांग की है

उन्होंने बताया कि इस दिन जिले के सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश के लिए केंद्र से मंजूर की गई तीन परियोजनाओं की खबर को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण की एक खबर है शोरंग परियोजना में पहाड़ी दरकी ब्लास्टर की मौत दिव्य हिमाचल के शब्द हैं भावानगर में चट्टान की चपेट में आए तीन एक की मौत बाहरी राज्यों में पढ़े हिमाचली स्टेट कोटे से कर सकेंगे एम बी बी एस शीर्षक से अमर उजाला लिखता है कोटे के लिए पात्रता शर्तों में बदलाव पर हाईकोर्ट ने पलटा प्रदेश सरकार का फैसला एक सप्ताह में मांगा जवाब पंजाब केसरी की सुर्खी है एमबीबीएस में हिमाचली कोटे से बाहर के छात्रों को भी मिलेगा दाखिला

दिव्य हिमाचल की एक खबर है पोंग विस्थापितों के लिए देहरा के विधायक लेंगे जलसमाधि अफसरों ने झूठ बोलकर चंबा में मंगाया हरियाणा का चॉपर डीसी एडीसी के खिलाफ रिपोर्ट तलब शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में दे सकती है जांच के आदेश पंजाब केसरी के शब्द हैं झूठ बोलकर हैलीकॉप्टर मंगवाने वाले अफसरों पर गिरेगी गाज मौसम से जुड़ी खबर पर अमर उजाला लिखता है हिमाचल में एक सप्ताह देरी से पहंचेगा मानसून वर्षों से लंबित पड़े मामलों पर कार्रवाई करेगा शिक्षा विभाग दैनिक सवेरा टाइम्स की एक अन्य खबर है अब एक नज़र संपादकीय पन्ने पर दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय नीति आयोग की हथेली पर शीर्षक के माध्यम से केंद्र से मिलने वाली मदद में हिमाचल जैसे शांत पहाड़ी राज्यों की अनदेखी का उल्लेख करते हुए नीति आयोग को विकास के पैमाने बदलने और केंद्रीय पर्वतीय राज्य विकास मंत्रालय स्थापित करने की वकालत की है दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय बागवानों को झटका में सेब बागवानी पर पड़ी मौसम की मार का उल्लेख करते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में और अधिक काम करने की आवश्यकता जताई है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

नमस्कार